बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विश्वास सुरक्षा और विकास की नीति से माओवाद की समस्या को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा दंतेवाड़ा विधानसभा सीट पर उप चुनाव की घोषणा होने के साथ ही दंतेवाड़ा और नारायणपुर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है भाजपा के संगठन चुनाव की प्रक्रिया ग्यारह सितंबर से शुरू होगी आज रायपुर में पार्टी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी राधामोहन सिंह ने बैठक लेकर चुनाव कार्य की समीक्षा की गृहमंत्री वाम उग्रवाद बैठक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वामपंथी उग्रवाद लोकतंत्र के विचार के खिलाफ है और सरकार इसे जड़ से उखाड़ने के लिए प्रतिबद्ध है एक ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि उन्होंने आज नई दिल्ली में माओवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की जो बहुत सकारात्मक रही गृहमंत्री ने कहा कि उन्होंने इन राज्यों की सुरक्षा और विकास से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की बैठक में केन्द्रीय गृह मंत्री ने माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति और वहां किये जा रहे विकास कार्यो की समीक्षा की गृह मंत्री ने बताया कि पिछले पांच वर्षो में देशभर में माओवादी गतिविधियों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है वर्ष दो हजार सोलह के बाद से माओवादी हिंसा में काफी कमी आई है केंद्रीय गृह मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार पिछले पांच वर्षो में हिंसक घटनाओं में तिरालीस प्रतिशत की कमी आई है वर्ष दो हजार नौ से दो हजार तेरह की अवधि की तुलना में पिछले पांच सालों में वामपंथी हिंसा में होने वाली मौतों में इकसठ प्रतिशत की कमी आई है बैठक में माओवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ही मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक शामिल हुए इनके अलावा केन्द्रीय मंत्री और विभिन्न मंत्रालयों के सचिव गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और सुरक्षा एजेन्सियां भी बैठक में शामिल रही इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य सचिव सुनील कुजूर और पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी भी शामिल हुए मुख्यमंत्री बैठक बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विश्वास सुरक्षा और विकास की नीति से माओवाद की समस्या को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा उन्होंने सुरक्षा राज्यों के बीच समन्वय और विकास संबंधी मुद्दों पर केन्द्र सरकार का ध्यान आकृष्ट किया श्री बघेल ने सड़क आवश्यकता योजना के तहत माओवाद प्रभावित इलाकों के लिए केन्द्र से मिलने वाली साठ प्रतिशत की राशि को बढ़ाकर सौ प्रतिशत करने की मांग की उन्होंने बताया कि राज्य में सुरक्षा और विकास के लिए उच्च स्तर पर यूनिफाइड कमांड का गठन देश के अन्य छह राज्यों की तरह किया गया है जिससे सुरक्षा और विकास कार्य को बढ़ावा मिल सके मुख्यमंत्री ने बताया कि माओवाद प्रभावित इलाकों में विकास कार्य को बढ़ावा देने राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं इनमें वनवासियों को सशक्त बनाने आदिवासियों के खिलाफ चल रहे प्रकरणों की वापसी करने उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही लोहंडीगुड़ा में जमीन वापसी और अब्झमाड़ इलाके में राजस्व पट्टों का वितरण किया गया है श्री बघेल ने बताया कि प्रदेश में माओवादी घटनाओं में कमी आई है

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने आज रायपुर में आयोजित एक पत्रकारवार्ता में बताया कि निर्वाचन कार्य के लिए अधिसूचना का प्रकाशन अट्ठाईस अगस्त को किया जाएगा चार सितंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे वहीं नामांकन पत्रों की जांच पांच सितंबर को की जाएगी उम्मीदवार सात सितंबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे इस सीट पर तेईस सितंबर को वोट डाले जाएंगे और सत्ताईस सितंबर को मतगणना होगी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि निर्वाचन को लेकर इस सीट पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं उन्होंने बताया कि दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कूल दो सौ तिहत्तर मतदान केन्द्र हैं इनमें से आवश्यकतानुसार पांच संगवारी और पांच आदर्श मतदान केन्द्र के रूप में बनाए जाएंगे श्री साहू ने बताया कि चुनाव की घोषणा के साथ दंतेवाड़ा और नारायणपुर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है

भाजपा संगठन चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में ग्यारह सितंबर से शुरू हो रहे अपने संगठन चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं मिली जानकारी के अनुसार चुनाव की प्रक्रिया ग्यारह सितंबर से शुरू होकर तीस नवंबर तक चलेगी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव पंद्रह दिसंबर तक हो जाएगा इस संबंध में आज रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया कार्यशाला में राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी राधामोहन सिंह ने प्रदेश पदाधिकारियों जिला अध्यक्षों और संगठन के पदाधिकारियों से मुलाकात कर चुनाव कार्य की समीक्षा की

हाट बाजार क्लीनिक योजना प्रदेश के दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हाट बाजार क्लीनिक योजना शुरू की गई है इसे पूरे प्रदेश में आगामी दो अक्टूबर से लागू किया जाएगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि वे योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए तैयारियां सुनिश्चित करें इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य टीम हाट बाजारों में जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है इसके साथ ही सुपोषित छत्तीसगढ़ योजना का विस्तार भी दो अक्टूबर से किया जा रहा है इसके तहत बच्चों को पंचायतों के माध्यम से आंगनबाड़ी केन्द्रों में निःशुल्क भोजन प्रदान किया जाएगा महिला और बाल विकास विभाग द्वारा संचालित इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश भी सभी जिला कलेक्टरों को दिए गए हैं डीएफपी जागरूकता संचार भारत सरकार के रीजनल आउटरीच ब्यूरो द्वारा बिलासपुर जिले के बिल्हा में अट्ठाईस से तीस अगस्त तक समेकित विशेष प्रचार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास शीर्षक से शासकीय योजनाओं पर आधारित इस जागरूकता संचार कार्यक्रम में मल्टी मीडिया चित्र प्रदर्शनी रैली निबंध लेखन और प्रश्न मंच के जरिये केन्द्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में लोगों को जागरूक किया जाएगा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जन्मशती समारोह के तहत छायाचित्र प्रदर्शनी और भाषण स्पर्धा का कार्यक्रम भी रखा गया है इस कार्यक्रम का शुभारंभ नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक करेंगे

इस दौरान श्री कौशिक ने केंद्रीय मंत्री को छत्तीसगढ़ में चल रहे राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी दी कोरिया जिले के चरचा थाना क्षेत्र में आज चारपहिया एक वाहन की चपेट में आने से स्कूटी पर सवार पिता पुत्री की मौत हो गई बलौदाबाजार जिले में काम में लापरवाही बरतने के आरोप में दो राजस्व निरीक्षकों और पटवारी को कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है वहीं कांकेर जिले में कोयलीबेड़ा के बालक छात्रावास के अधीक्षक को बिना सूचना दिए अनुपस्थित रहने के कारण निलंबित कर दिया गया है